कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार सांझा करते हये श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की विषय है कि भारत दुनिया का सबसे बढ़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है

श्री मोदी ने कहा कि इसके बीच सभी लोगों को कोरोना से ल्डाई का यह मंत्र याद रखना होगा कि दवाई भी कड़ाई भी उन्होंने कहा कि गत वर्ष मार्च में देश ने पहलीबार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था यह अनुशासन की एक सबसे बड़ी मिसाल थी और आने वाली पीढियां इस पर गर्व करेगी उन्होंने कहा कि लोगों ने कोरोना योद्वाओं के सम्मान में थालियां बजाई और दीप प्रवज्जलित किये यह कोरोना योद्वा वे लोग है जिन्होंने देश के नागरिकों की सुक्षा के लिए अथक और निस्वार्थ मेहनत की

उनहोंने कहा कि यह संकल्प समाज और देश की भलाई भारत के उज्जवल भविष्य के लिए होने चाहिए और हमार अपना कर्तव्य जुडा होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च महीनें में ही मनाया गया महिला दिवस महत्वपूर्ण है यह दिवस उस समय आया जब हमारी बहत सी महिला खिलाडियों ने नये कीर्तिमान स्थापित किये है और पदक जीते है उन्होंने महिला क्रिकेटर मिताली राज का उदाहरण दी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है श्री मोदी ने कहा कि मिताली राज ने अपने दो दशक के खेल जीवन मे लाखों खिलाडियों को प्रेरित किया है श्री मोदी ने कहा कि उनक सफलता सिर्फ महिला क्रिकेटरों के लिए ही नहीं बल्कि सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रेरणस्त्रोत है

उन्होंने कहा कि यह भारतीय महिला और प्रूष निशानेबाज़ों के बेहतर प्रदर्शन से ही संभव हुआ है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि का आध्निकीकरण समय की मांग है उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र मे रोज़गार के अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नये विकल्प और नवाचार लाना उतना ही महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति के बाद मध् मक्खी पालन बराबर न्या विकल्प बन रहा है उन्होंने कहा कि मध्मक्खी पालन को देश में मध् क्रांति के रूप में जाना जाने लगा है

उन्होंने अपने घर मे लकड़ी के घोसंले बनाये जहां चिडियो आराम से रह सकती है

आज हरियाणा में रंगां का त्यौहार होली श्रू हो गया है राज्य के विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन भी किया गया आज यम्नानगर में हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने लोगों को होली पर्व की श्भकामनाये दी हालांकि उन्होंने सभी से इस बार कोरोना वायरस के चलते सामूहिक होली न मनने की अपील की चंडीगढ़ से हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने होली पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनायें दी उन्होंने सभी प्रदेशवासियों में मित्रता और सौहार्द की मजबूत भावना की कामना की पलवल के उपाय्क्त नरेश नरवाल ने अपने होली पर्व संदेश में कहा है कि होलिका दहन का प्रकाश बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है उन्होंने कहा कि इस त्यौहार मे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के हटाने का प्रण ले सिरसा में भी कई स्थानों पर महिलाओं ने घरों में पकवान बनकार और गोबर से बने बड़कूलों से होलिका पूजन कर स्ख समृद्धि की कामना की